अयोध्या फैसला उच्चतम न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए सर्वसम्मति से अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया पांच सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में अयोध्या में विवादित जमीन को केन्द्र को सौंपे जाने का फैसला सुनाया साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केन्द्र को तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन करने का निर्देश भी दिया फैसले के अनुसार शीर्ष अदालत ने लगभग पौने तीन एकड़ विवादित भूमि रामलला को आवंटित की वहीं मजिस्द निर्माण के लिए अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक संदेश में लोगों से शांति सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की है उन्होंने कहा कि इस फैसले को किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में आम आदमी का विश्वास और ज्यादा मजबूत होगा केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी सामाजिक वर्गो से इस ऐतिहासिक फैसले का सम्मान करने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि फैसले से देश के सभी वर्गो की जीत हुई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसका सभी को सम्मान करना चाहिए वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पार्टी अदालत के फैसले का सम्मान करती है इस बीच अयोध्या फैसले के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रदेश पुलिस ने राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की बैठक में संयुक्त अरब अमिरात के बिजनस लीडर्ज फोर्म संयुक्त समूह सन्नी जनरल ट्रेडिंग जीटीसीएस ग्लोबल प्रो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और एमआई कैपिटल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और पर्यटन व नागरिक उड्डयन उद्योग और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में निवेश की रूचि दिखाई इस दौरान प्रदेश में स्नातन धर्म के शिक्षा संस्थान स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा की गई शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार द्वारा राज्य के हित में किए जा रहे कार्यो की सराहना करनी चाहिए गणेशदत्त वहीं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गणेशदत्त ने ग्लोबल इन्वैस्टर्स मीट को राज्य के आर्थिक भविष्य के लिए प्रभावशाली शुरूआत बताया है उन्होंने इसके सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी

उन्होंने कहा कि इन्वैस्टर्स मीट के सकारात्मक परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेंगे सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सकारात्मक और सफल प्रयास से ही करतारपुर कॉरिडोर संभव हो पाया है इसके उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद करोड़ों लोगों को हर वर्ष गुरू नानक जी की जन्मस्थली ननकाना साहिब होते हुए करतारपुर साहिब के दर्शन करने का अवसर मिलेगा पुरस्कार सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ मंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है फेम इंडिया पत्रिका द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में केन्द्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे ने उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया केन्द्रीय मंत्री ने महेन्द्र सिंह ठाकुर को बधाई देते हुए आशा व्यक्त कि वे भविष्य में भी निष्ठा से प्रदेश की सेवा करते रहेंगे इस अवसर पर महेन्द्र सिंह ठाकुर ने सम्मान के लिए आभार जताते हुए कहा कि वे प्रदेशवासियों की सेवा के लिए प्रतिबद्द है प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को रहने के लिए छत नसीब हो पा रही है कुल्लू जिला में दिहाड़ी लगाकर अपना गुजारा करने वाले लोगों का पक्के मकान का सपना केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूरा हो रहा है

वीओ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और अपना पक्का मकान न बना पाने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है

उन्होंने मकान बनाने के लिए सरकार से मिली सहायता पर आभार जताया है

संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला रामस्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आज मंडी ज़िला की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोगिन्द्रनगर के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की इस दौरान उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रही छात्राओं को पुरस्कृत किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेटियों की परिवार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में केन्द्र सरकार ने अनेक योजनाओं की शुरूआत की है प्रतियोगिता वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के छात्र छात्राओं की दो दिवसीय राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता आज हमीरपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल में शुरू हुई इस अवसर पर विधायक नरेन्द्र ठाक्र ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों के समग्र विकास के लिए कृतसंकल्प है